कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

उन्होंने कहा कि कुंभ में संतों से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है

मीडिया से वर्चअल पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि गैरसैंण कमिश्नरी के मामले पर सरकार जनभावनाओं के अन्रूप निर्णय लेगी जो लोग चाहेंगे वही होगा उन्होंने कहा कि प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है रूद्रप्र हरिद्वार और पिथौरागढ़ में मेडिकल कालेज पर जल्द काम शुरू हो जाएगा शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल जैसी ब्नियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर सरकार का फोकस है उन्होंने कहा कि नई संभावनाएं तलाशने के लिए हर विभाग से फीडबैक लिया जा रहा है कंभ सरक्षा व्यवस्था हरिद्वार महाकृंभ में आने वाले श्रद्धाल्ओं और यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूलिस प्रशासन ने सभी प्ख्ता इंतजाम कर लिए हैं महाकृंभ मेले के प्लिस महानिरीक्षक संजय ग्ंज्याल ने बताया क्ंभ मेले में स्रक्षा को मजबूत बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है इसके तहत मेला नियंत्रण भवन में एक उच्च क्षमता और अत्याध्निक तकनीक का कंट्रोल रूम बनाया गया है जो संवेदनशील सीसी कैमरों से लैस है कंट्रोल रूम के माध्यम से मेला क्षेत्र में किसी भी अवांछनीय तत्व या वस्तू का पता लगाया जा सकेगा साथ ही सड़क पर गलत साइड से चलने वाले वाहनों और मास्क ना पहनने वाले यात्रियों को इस तकनीक के माध्यम से पता लगाकर सचेत भी किया जा सकेगा उन्होंने बताया कि नई तकनीक से बनाए गए इस कंट्रोल रूम में आध्निक संचार की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं इसके माध्यम से बिना तारों का जाल बिछाए कहीं भी सूचना प्रसारित की जा सकेगी साथ ही हेड काउंटिंग के माध्यम से मेले में आने वाली भीड़ का पता लगाकर उसको नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी बालश्रम कार्यशाला हरिद्वार महाकृंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा है कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि मेला क्षेत्र में कहीं पर भी बालश्रम न हो हरिदवार में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित कार्यशाला में बच्चों के शोषण को रोकने के लिए विभिन्न उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ ही प्लिस या चाइल्ड लाइन के माध्यम से उनकी मदद करने की जरूरत पर जोर दिया गया कृंभ मेलाधिकारी ने कहा कि मेले में विशेषकर ढाबों और होटलों में बालश्रम रोकने के लिए वॉलंटियर और बाल अधिकारों के संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं को कार्य करना होगा कार्यशाला में चाइल्ड राइट्स एक्सपर्ट ने कहा कि बच्चों से भिक्षावृत्ति कराना दंडनीय अपराध है बाल कल्याण समिति के जिम्मेदार रोस्टर के हिसाब से मेला क्षेत्र में मौजूद रहेंगे पोषण रथ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि राज्य में जन जागरूकता से क्पोषण पहले के मुकाबले कम हआ है इसमें आंगनबाड़ी केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है

राज्य की जनता को पोषण के प्रति जागरूक करने को लेकर राज्य मंत्री रेखा आर्य ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

विभाग इसको लेकर प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रहा है

इसके लिए समाचार पत्र सरकारी गजट और सरकारी वेबसाइट में भी अलग से सूची प्रकाशित करायी गई है

दुर्ध उत्पादन पश्पालन द्ग्ध विकास राज्यमंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए द्रग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने उसकी ग्णवत्ता सुधारने और उपभोक्ता की मांग के अन्सार सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि द्रध से विभिन्न प्रकार के ऐसे उत्पाद तैयार किये जाए जिनकी बाजार में बह्त अधिक मांग है साथ ही उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी काम किया जाए राज्य मंत्री ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर सड़क की कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है वहां महिला समूह के माध्यम से द्ध के कलेक्शन के अवसर तलाशे जाए ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को किसानों पश्पालकों द्रग्ध संघों और समितियों के कल्याण के लिएचलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिये सल्ट उपचनाव सल्ट उपच्नाव के लिए आज तीन नामांकन हए और तीन प्रपत्र बिके सल्ट के रिटर्निंग आफिसर राहल शाह ने बताया कि सल्ट उप निर्वाचन के लिए आज सर्वजन स्वराज पार्टी के शेर सिंह रावत पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के नन्द किशोर और निर्दलीय सुरेन्द्र सिंह ने नामाकंन पत्र जमा किये

सल्ट विधानसभा उपच्नाव को स्वतन्त्र और निष्पक्ष सम्पन्न कराने के लिए जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम और वीवी पैट मशीनों का राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने रैण्डमाइजेशन किया गया जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि रैण्डमाइजेशन के बाद सभी मशीनों को जीआईसी भिकियासैंण के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा जहां से मशीनें पोलिंग पार्टियों को दी जाएंगी द्सरा रैण्डमाइजेशन सल्ट रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया जाएगा जिसके बाद ब्थवार मशीनों का आवंटन होगा

उन्होंने इसमें जल जीवन मिशन को भी जोड़े जाने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि जहां भी पंचायत भवनों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है उसके प्रस्ताव भेजे जाएं उन्होंने कहा कि पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत पूर्व में आउटसोर्स के माध्यम से तैनात डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ अभियन्ता की एक वर्ष की तैनाती के लिए विभाग तत्काल प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को प्रेषित करें समिति गठित म्ख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में उपनल कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक उप समिति का गठन किया गया है मुख्यमंत्री ने इस उप समिति के गठन के निर्देश दिये हैं उनका कहना है कि उपनल कार्मिकों का राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसलिए उनके हित सुनिश्चित किये जायेंगे वजाग्नि बागेश्वर जिले में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं कल रात बैजनाथ रेंज के सिटोली मालदे के जंगल में लगी आग गांव तक पहंच गई होली गायन कर रहे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया सबसे ज्यादा जंगल गरुड़ कांडा और धरमघर रेंज के जंगलों धधक रहे हैं जिलाधिकारी विनीत कुमार ने वन विभाग को जरूरी उपकरण खरीदने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है ताकि जंगलों को आग से बचाया जा सके

लेकिन बागेश्वर के जंगल पिछले साल अक्टूबर से जल रहे हैं